केरल में कोरोना वायरस के संक्रमण से एक और मरीज की प्रष्टि होने के बाद कोन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्द्धन ने नई दिल्ली में उच्चस्तरीय बैठक में एहतियात के तौर पर किए जा रहे उपायों की समीक्षा की डॉक्टरों ने लोगों को जुकाम खांसी और बार बार तेज बुखार की स्थिति में तूरंत जांच करवाने की सलाह दी है आईजीएमसी शिमलॉ के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर जनकराज ने बताया कि प्रदेश में अभी कोरोना वायरस का कोई मामला सामने नहीं आया है

उन्होंने कहा कि डॉक्टरों की टीम घर जाकर संदिग्ध मरीज के सैंपल लेगी और पॉजिटिव पाए जाने पर उसे अस्पताल में भर्ती किया जाएगा जयराम मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल सहित राज्य के कई बड़े पार्टी नेता इन दिनों दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार कर रहे हैं जयराम ठाकर ने आज रिठाला विकासपुरी मटियाला और मोतीनगर विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी रैलियों को संबोधित किया उन्होंने दावा किया कि दिल्ली में इस बार भाजपा भारी सीटों के साथ सत्ता में लौटेगी जयराम ठाकर ने दिल्ली में हुए विकास का श्रेय केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकार को दिया राजीव बिंदल ने भी अनेक स्थानों पर रैलियों को संबोधित करते हुए मतदाताओं से भाजपा के पक्ष में वोट डालने की अपील की

राष्ट्रीय आयोग की विशेषज्ञ ज्योति चोथीवाला ने कहा कि पूरे देश में परीक्षा से संबंधित दबाव से निपटने के लिए विद्यार्थियों अध्यापकों और अभिभावकों को जागरूक किया जा रहा है राज्य आयोग की अध्यक्ष वंदना कमारी ने बताया कि परीक्षा को लेकर विद्यार्थियों में दबाव को कम करने के उद्देश्य से कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं बजट समर्थन भाजपा की ज़िला महासू इकाई ने कल लोकसभा में प्रस्तूत केन्द्रीय आम बजट की सराहना की है इकाई के अध्यक्ष अजय श्याम ने कहा कि मध्यम वर्गीय परिवारों और किसानों व बागवानों के लिए ये बजट हितकारी है तथा इससे अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी

बसंतपुर ब्लॉक के नीन में आज एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि शिमला ग्रामीण क्षेत्र के सभी इलाकों का विकास करवाना उनकी प्राथमिकता है और वे गांव गांव जाकर लोगो की समस्याए सुन रहे हैं विक्रमादित्य सिंह ने ओपन जिम को युवाओं को समर्पित किया और उनसे नशे से दूर रहने का आहवान भी किया मौसम प्रदेश के अधिकांश भागों में आज मौसम साफ रहा और दिन के समय धूप खिलने से लोगों को कड़ाके की ठण्ड से कुछ राहत मिली हालांकि राज्य के अनेक जिलों में न्यूनतम तापमान शून्य से काफी नीचे दर्ज किया जा रहा है पिछले तीन चार दिन से राजधानी शिमला में भी न्यूनतम तापमान जमाव बिंदू से नीचे चल रहा है

सड़कें राज्य की करीब एक सौ सड़कों पर आज भी यातायात अवरूद्व बना रहा इनमें दो राष्ट्रीय उच्च मार्ग भी शामिल हैं पिछले कल अचानक हुई बर्फबारी से शिमला सहित अन्य जिलों में सड़क यातायात प्रभावित हुआ है

शिमला शहर की कुछ अंदरूनी सड़कों पर भी फिसलन बनी हुई है और प्रशासन द्वारा सड़कों पर रेत बिछाई जा रही है बॉक्सर स्वीडन में खेली जा रही अंतर्राष्ट्रीय युवा महिला बॉक्सिंग प्रतियोगिता में किन्नौर जिले की दीपिका नेगी भी हिस्सा ले रही हैं वे हिमाचल की इकलौती खिलाड़ी हैं जिनका चयन राष्ट्रीय टीम के लिए हुआ है